प्रदेश के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा

केंद्रीय वित्त आयोग दौरा पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के सदस्य आज तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहंचे आयोग के सदस्य पच्चीस जुलाई तक राज्य के भौगोलिक सामाजिक आर्थिक औद्योगिक और राजनैतिक परिदृश्यों से अवगत होंगे इस दौरान वे राज्य के विकास में रूकावट या बाधा बन रहे तथ्यों की जानकारी मी लेंगे साथ ही उन्हें राज्य की माओवाद समस्या और उससे जुड़े विभिन्न पहलूओं के विषय में भी बताया जाएगा इस दौरान आयोग के सदस्य पंचायत राज्य संस्थाओं और नगरीय निकायों के सदस्यों से चर्चा करेंगे और विभिन्न राजनितिक दलों से भी मुलाकात करेंगे गौरतलब है कि केन्द्रीय वित्त आयोग का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है आयोग प्रत्येक पांच वर्ष भें विभिन्न राज्यों का भ्रमण करता है और केन्द्र सरकार को यह अनुशंसा करता है कि किस आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए एफआईआर दर्ज महासमुंद जिले में खल्लारी पुलिस ने चिटफंड मामले में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा सहित छह आईएएस और आईपीएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है इन सभी पर एक चिटफंड कंपनी को प्रश्रय देने का आरोप है इस मामले में आईएएस अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले सिद्दार्थ कोमल परदेशी भीमसिंह नीलकंठ टेकाम अमृत लाल ध्रव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इसके अलावा पुलिस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है गौरतलब है कि महासमुद में संचालित इस चिटफंड कंपनी में लोगों ने लाखों रुपये जमा कराये थे इसके बाद कंपनी का संचालन कर रहे लोग रूपए लेकर फरार हो गए पीड़ित लोगों ने इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी माओवादी मुठभेड सकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हई मुठभेड में एक माओवादी मारा गया जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की एक टीम आज सुबह सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान भेज्जी थाना क्षेत्र के बीरामट्टी के जंगलों में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया इस माओवादी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित था मारे गए माओवादी की पहचान आरपीसी अध्यक्ष के रूप में हुई है पुलिस ने घटनास्थल से दो नग देशी हथियार भी बरामद किए हैं रोजगार मोबाइल ऐप प्रदेश के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा इस ऐप में विभिन्न कौशल प्रशिक्षित युवाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसके आधार पर छोटे बडे उद्योग संस्थाएं और आम नागरिक ऐसे युवाओं को रोजगार के लिए आमंत्रित कर सकें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को इस मोबाइल ऐप में विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा दी गई रिक्त पदों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं इससे युवाओं को रोजगार के अवसरो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी उन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन की पूरी प्रक्रिया को भी इसी मोबाइल एप पर उपलब्ध कराने कहा है

उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण का स्मरण किया जिसमें उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले चन्द्रशेखर आजाद को निडर और दृढ संकल्प वाला स्वतंत्रता सेनानी बताया था भारत में ऐसा कौन सा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर प्रेरित नहीं हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज़्ए कातिल में है

चंद्रशेखर की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून जिसने कई यूवाओं को प्रेरित किया आजाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया लोकमान्य तिलक की जयंती के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक ने अपना जीवन पूर्ण स्वराज के लिए समर्पित कर दिया इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चन्द्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक की जयंती पर उनके संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ऐसे युग पुरूष थे जो अपनी विचारधारा साहस ब्रद्धि और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं

कार्यक्रम सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होगा प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं डायवर्सन प्रकरण निराकरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे भू खण्डों के डायवर्शन प्रकरणों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाकर उनका समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इस कार्य के लिए एक माह की अवधि सुनिश्चित करने के लिए कहा है श्री बघेल ने छोटे भू खण्डों की डायवर्शन प्रक्रिया के सरलीकरण करने पर भी जोर दिया है मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राजस्व विमाग के अधिकारियों को ऐसे मामलों के निराकरण में हो रहे को विलंब को दूर करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं इस संबंध मुख्य सचिव ने अधिकारियों से राज्य में नामांतरण के लंबित प्रकरणों की पन्द्रह दिनों के भीतर समीक्षा कर जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है हादसा कोरिया जिले में नदी में डूबने से दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई मृतकों में दो नव विवाहित जोड़े शामिल थे मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग जिले के केल्हारी थाना क्षेत्र के बड़काबहरा नदी के पास कल शाम पिकनिक मनाने गए थे इस दौरान पैर फिसलने से दो व्यक्ति झरने से नीचे गिर गए जिन्हें बचाने की कोशिश में दोनों महिलाएं भी झरने से नीचे गिर गई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया ये सभी लोग एक ही परिवार के थे रमेश बैस स्वागत त्रिप्ररा के नवनियुक्त राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रमेश बैस आज रायपुर पहुंचे माना स्थित स्वामी विर्वेकानंद विमानतल पर प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगांडों के साथ श्री बैस का भव्य स्वागत किया रायपुर पहंच कर श्री बैस ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निमाने की वे हर मुमकिन कोशिश करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा का विकास और कैसे बेहतर हो इस दिशा में भी काम किया जाएगा गौरतलब है कि बीते बीस जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी इनमें रमेश बैस का नाम भी शामिल था जिन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है श्री बैस रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद चुने गए हैं वे केन्द्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं

उन्नीस सौ सत्ताईस में आज के ही दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था आठ जून उन्नीस सौ छत्तीस को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम दिया गया वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बडे लोक प्रसारकों में से एक है

बैठक में बस्तर जिले के सभी केन्द्रीय कार्यालयों के केन्द्र प्रमुख और राजभाषा अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक के दौरान हिन्दी की सेवा करने और राजभाषा के क्रियान्वयन में विशेष सहयोग देने के लिए समिति ने शशांक शेंडे को नगर राजभाषा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया सेट परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपूर द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सेट आठ सितम्बर को आयोजित की जाएगी इस परीक्षा के लिए ॅऑनलाइन आवेदन कल बाईस जुलाई से शुरू हो गई है आवेदन करने की अंतिम तिथि तेरह अगस्त है वहीं परीक्षार्थी प्रवेश पत्र सत्ताईस अगस्त से चार सितंबर तक डाउनलोड कर सकेंगे संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर निवास में कल चौबीस जुलाई को जनचौपाल भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाएगा